उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी तथा आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को मदद भी मिलेगी श्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने को लेकर निर्धारित समयावधि में निर्णय करने की पुख्ता व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति में देरी से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है

उन्होंने निर्देश कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हैल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने पेपरलेस नामान्तरण के लिए नियमों में संशोधन करने और राजस्व संबंधी कानूनों को सरल बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा साथ ही राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने और इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने पटवारी भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व से संबंधित काम समय पर पूरे हो सकें

श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य की शहरी गैस वितरण नीति को जल्दी ही अंतिम रुप दे दिया जाएगा

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं

राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिए

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है

इस अभियान के तहत सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किसानों और आमजन को इन कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी दी जाएगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आज फेसबुक के माध्यम से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं

पिछले कई दिनों से लगातार जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं

उधर उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु भी बिना लक्षणों वाले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद श्री नायडु होम क्वारेंटाइन हो गए हैं

यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे घर के बने बाड़े में खेल रहे थे